भारत सीमा मुद्दों का समाधान बातचीत से हल करने के लिए प्रतिबद्द

केन्द्र सरकार ने कहा देश में ऑक्सीजन सिलेंडरों की नहीं है कोई कमी प्रदेश में छः हजार आठ सौ पन्चानबे नये मामले आने के बाद कोरोना के सक्रिय रोगियों की संख्या हई सड़सठ हजार तीन सौ पैंतीस दो लाख बावन हजार से ज्यादा मरीज हए स्वस्थ रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत अपने सीमा क्षेत्रों पर मौजूद वर्तमान मसलों को शांतिपूर्ण बातचीत और विचार विमर्श के साथ हल करने के लिए प्रतिबद्ध है श्री सिंह ने कहा कि आपसी सम्मान और संवेदनशीलता पड़ोसियों के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखने का आधार है वास्तविक नियंत्रण रेखा पर उत्पन्न स्थिति के बारे में कल लोकसभा में दिए गए बयान में उन्होंने कहा कि भारत मौजूदा स्थिति को बातचीत से हल करने के प्रति गंभीर है हमने चायनीज साइट के साथ डिप्लोमेटिक और मिलिट्री इंगेजमेंट बनाए रखा है इन डिसकशन्स में तीन की प्रिसिंपल हमारी एप्रोच को तय करते हैं फर्सट दोनों पक्षों को एलएसी का सम्मान और कड़ाई से पालन करना चाहिए सेकेंड किसी भी पक्ष को अपनी तरफ से यथास्थिति का उल्लंघन करने का प्रयास नहीं करना चाहिए और थर्ड दोनों पक्षों के बीच सभी समझौतों और अंडरस्टैंडिंग्स का पूर्णतया पालन होना चाहिए रक्षा मंत्री ने सदन से उन सशस्त्र बलों के हित में एक प्रस्ताव पारित करने को भी कहा जो खराब मौसम की स्थितियों में भी ऊंचाई वाले स्थानों पर मातभूमि की रक्षा में डटे हैं श्री सिंह ने कहा कि चीन लद्दाख में लगभग अड़तीस हजार वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर लगातार गैर कानूनी कब्जा बनाए हुए है उन्होंने कहा कि तथाकथित चीन पाकिस्तान सीमा समझौता उन्नीस सौ तिरसठ के अंतर्गत पाकिस्तान ने गैर कानूनी तरीके से पाक अधिकृत कश्मीर का पांच हजार एक सौ अस्सी वर्ग किलोमीटर क्षेत्र चीन को सौंप दिया है रक्षामंत्री ने कहा कि पहले भी चीन के साथ सीमा क्षेत्र पर टकराव की स्थितियां बनी थीं जिसे शांतिपूर्ण ढंग से हल कर लिया गया था उन्होंने कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के सैनिकों द्वारा किया गया उग्रतापूर्ण व्यवहार पिछले सभी समझौतों का उल्लंघन है श्री सिंह ने कहा कि हालांकि चीन ने अपने सैनिकों की बड़ी संख्या और हथियार को वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तैनात किया है परंतु भारतीय सेना सीमा पर उत्पन्न हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है राज्यपाल आनन्दीबेन पटेल ने कहा कि प्रदेश की सभी उच्च शिक्षण संस्थाएं शिक्षा प्रणाली में बदलाव करते हुए उच्च गुणवत्ता और व्यापक शिक्षा तक सबकी पहुंच सुनिश्चित करे राज्यपाल कल लखनऊ विश्वविद्यालय के शताब्दी वर्ष के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी उन्होंने कहा कि उच्चतर शिक्षा प्रणाली में शिक्षण और पठन पाठन ऐसा होना चाहिये जोकि विद्यार्थियों में अन्वेषण तर्कशीलता और रचनात्मक विकास का कार्य करे

उन्होंने कहा कि अस्पतालों मेडिकल कॉलेजों और चिकित्सा संस्थानों में टेस्टिंग किट का बैकअप रखा जाये जिससे जांच का कार्य सुगमतापूर्वक होता रहे मुख्यमंत्री कल लखनऊ में कोरोना संक्रमण रोकथाम से संबंधित एक उच्चस्तरीय बैठक को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि जिला चिकित्सालयों सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को और सुदृढ़ बनाया जाये मुख्यमंत्री ने लखनऊ मेरठ गोरखपुर प्रयागराज सहारनपुर और मुजफ्फरनगर में विशेष ध्यान देने के निर्देश दिये उन्होंने सभी चिकित्सालयों और मेडिकल कॉलेजों में आक्सीजन की स्गमता बनाये रखने के भी निर्देश दिये

इसे इस वर्ष तीस मार्च को घोषित किया गया था

केन्द्र सरकार ने कहा है कि देश में ऑक्सीजन सिलेंडरों की कोई कमी नहीं है इस समय ऑक्सीजन का उत्पादन बढकर छह हजार नौ सौ मीट्रिक टन से अधिक हो गया है स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बताया कि प्रत्येक राज्य में ऐसे प्रबंध होने चाहिए जिससे ऑक्सीजन समय पर उपलब्ध कराई जा सके उन्होंने बताया कि देश में अब तक साढे अड़तीस लाख कोरोना रोगी स्वस्थ हो चुके हैं और स्वास्थ्य दर में निरंतर सुधार आ रहा है श्री भूषण ने बताया कि क्ल रोगियों में से वर्तमान रोगियों की संख्या केवल बीस प्रतिशत रह गई है और स्वस्थ होने वालों की दर अठहत्तर दशमलव दो आठ प्रतिशत हो गई है स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि भारत में प्रति दस लाख की आबादी पर तीन हजार पांच सौ तिहत्तर मरीज हैं

डैथ प्रति मिलियन यहां भी भारत सबसे नीचे संख्या दिखा रहा है

पिछले छत्तीस घंटों के दौरान राज्य में छः हजार आठ सौ पन्चानबे कोरोना के नये मामले मिलने के बाद अब क्ल सक्रिय मामलों की संख्या सड़सठ हजार तीन सौ पैंतीस हो गई है अपर प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कल लखनऊ में बताया कि अब तक कोरोना से दो लाख बावन हजार सत्तानबे लोग प्री तरह से स्वस्थ हो गये हैं उन्होंने बताया कि कोरोना के कारण राज्य में अब तक चार हजार छः सौ चार मौते हुई हैं श्री प्रसाद ने बताया कि अब तक राज्य में सतहत्तर लाख चौरासी हजार दो सौ इक्यासी नमूनों की जांच हो चुकी है उन्होंने बताया कि इस समय पैंतीस हजार दो सौ तिरान्नबे कोरोना संक्रमित लोग होम आइसोलेशन में अपना इलाज करा रहे हैं जो कि क्ल सक्रिय मरीजों के पचास प्रतिशत से ज्यादा है प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन के लिये निर्वाचक नामावली के वृहद पूनरीक्षण के लिये अधिसूचना जारी कर दी गई है राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार कल से बीएलओ और पर्यवेक्षकों को कार्य क्षेत्रों और ड्यूटी का वितरण शुरू हो गया है पहली अक्टूबर से बारह नवम्बर तक बीएलओ घर घर जाकर गणना और सर्वेक्षण का कार्य करेंगे ऑन लाइन आवेदन करने की अवधि पहली अक्टूबर से पांच नवम्बर रखी गई है दावे और आपत्तियों का निस्तारण उन्नीस दिसम्बर तक होगा निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन उन्तीस दिसम्बर को किया जायेगा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

केन्द्र सरकार ने मीडिया में आई इन खबरों को खारिज कर दिया है कि नई भर्तियों की प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है पत्र सूचना कार्यालय ने एक ट्वीट में बताया है कि यह खबर गुमराह करने वाली है कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि कर्मचारी चयन आयोग और संघ लोक सेवा आयोग जैसे सरकारी संगठनों के माध्यम से सरकारी भर्तियां सामान्य रूप से चल रही हैं प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में दो दिनों से रूक रूक कर वर्षा हो रही है वर्षा के दौरान आकाशीय बिजली से प्रदेश में कल अटठाईस लोगों की मौत हो गयी गाजीप्र में पांच बलिया और सोनभद्र में चार चार कौशाम्बी में तीन चित्रकूट वाराणसी जौनपुर चन्दौली में दो दो और प्रतापगढ़ क्शीनगर गोरखपुर देवरिया में एक एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है